झारखंड हाईकोर्ट ने आज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मौजूदा हालात हेल्थ इमरजेंसी जैसे हैं इसे गंभीरता से लेने की जरूरत स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर सोन ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अब पचास प्रतिशत बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित रखने का दिया निर्देश

शुरूआत कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों का योगदान बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है इस क्षेत्र की निर्यात और रोजगार सुजन क्षमता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि इन उपायों से इस क्षेत्र में रोजगार के पांच करोड़ अवसर उत्पन्न होंगे

इसे मजाक में नहीं लिया जाना चाहिए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने सिविल सर्जन के गलत बयानी पर नाराजगी जताई साथ ही अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए सख्त हिदायत दी कि अदालत के समक्ष भूल से भी गलत बयानी न करें यह अपराध की श्रेणी में आता है अदालत ने कहा कि सिविल सर्जन की कार्यप्रणाली ने चीफ जस्टिस को कोरोना संक्रमण के खतरे में डाल दिया है अदालत ने कहा कि पांच अप्रैल को उनके आवास के कर्मियों का सैंपल लिया गया था लेकिन नौ अप्रैल को जांच के लिए भेजा गया है अदालत इस बात को लेकर भी नाराज थी कि सिविल सर्जन ने कहा कि रिम्स सैम्पल नहीं ले रहा है

रिम्स में उपकरण खरीद पर स्वास्थ्य सचिव ने अदालत को बताया कि गवर्निंग बॉडी की बैठक नहीं होने के कारण खरीदारी नहीं हो पायी स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि विभाग कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है

जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य के सभी निजी अस्पतालों में अब पचास प्रतिशत बेड कोरोना के मरीजों के लिए आरक्षित होगा श्री सोन ने अपने निर्देश में कहा है कि राज्य में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है इसे ध्यान में रखते हुए सभी निजी अस्पतालों के कुल बेड का पचास प्रतिशत आरक्षित रखने की जरूरत है सचिव ने उपायुक्तों को बैठक कर इसे लागू करने का निर्देश दिया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अभियान को कोरोना के खिलाफ दूसरे महासंग्राम की संज्ञा दी है उन्होंने चार सिद्वांतों का पालन करने की अपील की है जानी मानी गायिका पदमजा फेनानी जोगलेकर ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना का टीका लगवाएं उन्होंने सभी से कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने का भी अनुरोध किया

भाजपा नगर कमेटी स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर यह अभियान चला रही है

बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के द्वारा अब तक किर्य गये कार्य कार्य निष्पादन में समस्या और विभागों के बीच समन्वय को लेकर पूरी जानकारी ली टेस्टिंग कांटेक्ट ट्रेसिंग वैक्सीनेशन डेड बॉडी डिस्पोजल होम आइसोलेशन आईईसी सेल इत्यादि की उपायुक्त की ओर से विस्तार से समीक्षा की गयी टेस्टिंग सेल की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने जांच के लिए बनाये गये टीम और जांच केन्द्र को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये

पत्र सुचना कार्यालय ने बताया है कि सोशल मीडिया पर चल रहा इस तरह का दावा फर्जी है

एसपी मोहम्मद अर्शी द्वारा आदित्यपुर थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई है उन्होंने कहा कि गिरफ्तार सुजीत मुंडा रांची जिले के तमाड़ थाना अंतर्गत बाउंतीया गांव का है उसके पास लेवी के पांच हजार रुपए नगद नक्सली साहित्य एवं मोबाइल बरामद किया गया है जबकि उसकी निशानदेही पर सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ थाना अंतर्गत नावाडीह गांव के मलींद्रनाथ माझी और कुचाई थाना के मेरमजंगा गांव के चंबूराम मुंडा को गिरफ्तार किया गया है एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग बरसों से माओवादी सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं

उन्होंने महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे इधर झारखंड राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मधुपुर के कियाजोरी गांव में महागठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में जन सम्पर्क अभियान चलाया

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने सरकार से सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की है गुमला जिले में कोरोना महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए आईटीडीए भवन स्थित उपायुक्त कार्यालय में डीसी शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई